नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव संजीवा कुमार ने कहा है कि आठ मामले केरल में और एक एक राजस्थान और दिल्ली से सामने आए हैं कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली हरियाणा केरल तेलंगाना कर्नाटक राजस्थान महाराष्ट्र पंजाब और तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात की

डॉक्टर हर्षवर्धन न अपने अपने राज्यों में मरीजों के स्वास्थ्य और स्थिति पर नजर रखने की उन्हें सलाह दी

ये देश हैं फ्रांस जर्मनी स्पेन चीन इटली ईरान दक्षिण कोरिया और जापान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में लोगों को इन देशों की यात्रा से बचने को कहा गया है और अनावश्यक विदेश यात्रा पर न जाने की सलाह दी गई है

परामर्श में यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत लौटने वाले सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखना चाहिए और एहतियाती उपाय बरतने चाहिए

साथ ही रेल कर्मियों को भी इस बारे में जागरूक किया जा रहा है पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़डा केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजदूगी में भाजपा की सदस्या ग्रहण की इस अवसर पर श्री सिंधिया ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करने को लेकर बहुत उत्साहित है

उन्होंने पधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि जहां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में विकास को गति मिली है वहीं वैश्विक स्तर पर भी देश नाम ऊंचा हुआ है उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के कारणों का जिक करते हुए कहा कि आज की कांग्रेस पार्टी वह पार्टी नहीं रह गयी है जो कभी पहले हुआ करती थी

सदस्यता दिलाते के बाद पार्टी में स्वागत करते हुए भाजपा अध्यक्ष श्री नड्डा ने कहा कि श्री सिंधिया को पार्टी की मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य मिलेगा श्री नड्डा ने कहा कि सिंधिया का भाजपा में आगमन परिवार के सदस्य की वापसी जैसा है उन्होंने कहा कि सिंधिया पार्टी में एक प्रमुख नेता के रूप में कार्य करेंगे रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद येस्सो नाइक ने आश्वासन दिया है कि भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को योग्यता अन्भव विशेषज्ञता और संगठन की आवश्यकता के आधार पर स्थायी कमीशन देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन करने के लिए सरकार वचनबद्ध है आज लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री नाइक ने बताया कि एक सी परिस्थितियों में प्ररूष अधिकारियों के मुकाबले ऐसी महिला अधिकारियों की कार्यक्षमता की समीक्षा बाद में तय की जायेगी और अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता उन्होंने यह भी बताया कि यह व्यवस्था लागू करने के बारे में विवरण तैयार किया जा रहा है लोकसभा की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने के बारे में चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला के कक्ष में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी जनता दल यूनाईटेड के नेता राजीव रंजन सिंह अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल एआईएमआईएम नेता असद्द्दीन ओवैसी और अन्य नेता शामिल हुए बैठक में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने अपनी पार्टी के सात सांसदों का निलंबन समाप्त करने का अनुरोध किया

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है आज मेरठ में पश्मिांचल विद्यूत वितरण निगम के कार्यालय में चौदह जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद श्री शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि सरकार के पास पर्याप्त बिजली है और गांव व शहरी क्षेत्रों में सहीं ढंग से बिजली आपूर्ति की जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश के उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए सरकार किसान आसान किस्त योजना के अन्तर्गत किसानों का सरचार्ज माफ कर रही है इस योजना में किसान चौबीस आसान किस्तों में अपना बकाया जमा कर सकते हैं

प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवा और वर्षा के साथ ही कुछ स्थानों पर ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है लखनऊ व आसपास के क्षेत्रों में बीते चौबीस घंटे के अधिकतम तापमान तीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पन्द्रह डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया

चित्रकूट जनपद म आकाशीय बिजली गिरने से रैपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक और दो मवेशियों की मृत्यु हो गयी वहीं ज़िले में हुई तेज वर्षा और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ है इसी प्रकार सीतापुर कौशाम्बी वाराणसी चंदौली पीलीभीत और रामपुर सहित कई जिलों से वर्षा और ओलावृष्टि के समाचार हैं मौसम विभाग ने कानपुर फतेहपुर प्रतापगढ़ और रायबरेली सहित कई स्थानों पर वर्षा और ओलोवृष्टि की संभावना व्यक्त की है लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ के आरोपियों की लखनऊ प्रशासन द्वारा होर्डिंग लगाये जाने के मामले में प्रदेश सरकार ने सवोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जिस पर कल सुनवाई होगी गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने प्रशासन से आरोपियों की तस्वीर वाली होर्डिंग हटाने को कहा था जिस पर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह ने कहा है कि राज्य में अट्ठारह सौ चिकित्सकों की स्कीनिंग कर ली गई है उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए इन सभी चिकित्सकों को प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात किया जायेगा वे आज बस्ती में जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय की व्यवस्था और बेहतर करने के निर्देश दिये

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे अखिल भारतीय संगठन है और देश भर के उम्मीदवार विज्ञापनों के अनुसार किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में बताया कि विदेशों में भारतीय मिशनों से कहा गया है कि वे अपने देशों से भारत में उत्पादनों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने की संभावना का पता लगायें एक लिखित उत्तर में श्री गोयल ने कहा कि अनेक मिशनों ने संभावित खरीददारों और सप्लायरों की सूची हमारी निर्यात संवर्द्धन परिषदों को भेजी भी हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में कौशल विकास की योजना कौशल सतरंग कार्यकम का उद्घाटन करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री युवा हब का भी उद्घाटन करेंगे जिसकी घोषणा हाल में पेश किये गये बजट में गई है

कौशल सतरंग का एक कार्यक्रम लखनऊ में जो होने वाला है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोकभवन सभागार में उसका शुभारम्भ करेंगे